राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकमण की जांच प्रकिया तेज कर दी है और प्रतिदिन लगभग सात हजार नमूनों की जांच की जा रही है

पाली में सात ड्रंगरपुर और अजमेर में दो दो अलवर और चित्तौडगढ में एक एक व्यक्ति में कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित लॉकडाउन में रेड और ऑरेन्ज जोन के म्यून्सिपल क्षेत्रों में स्थित ऐसे एकल उद्योग जिनमें श्रमिक और कार्मिक परिसर के अंदर ही रहते है और जहां प्रवेश नियंत्रण में है उन्हें खोला जा सकता है

सवाईमाधोपुर के जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि आम नागरिको के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन की छूट नहीं है

उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों से अब तक छह टेने संचालित की हैं जिनसे विभिन्न स्थानों पर फंसे हजारों प्रवासी अपने गंतव्य तक पहुंच पाये हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बंगलौर से प्रवासी राजस्थानियों को लेकर एक ट्रेन आज सुबह जयपुर जंक्शन पहुंची है कल दो रेल महाराष्ट्र से जयपुर आयी थीं उधर कोटा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ रहे विद्यार्थियों को उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है

मोबाईल एप आरोग्य सेतु की तकनीकी टीम ने कहा है कि इसे इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है टीम ने आज इस बारे में बयान जारी कर कहा कि आरोग्य एप को हर कसौटी पर जांचा परखा गया है इसे हैक कर के जानकारी ले लेने की बात सही नहीं है

राज्य में मौसम में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है कल एक बार फिर कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई बेमौसम की बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है सवाईमाधोपुर जिले में मलारना डूंगर चौथ का बरवाडा और खण्डार सहित कई स्थानो पर देर शाम बारिश के साथ ओले गिरे जिससे सब्जियों की फसल खराब हो गई दौसा में भी लगातार तीसरे दिन जिला मुख्यालय सहित अधिकतर इलाकों में बरसात हुई बारां में भी सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा